श्री अमिताभ कांत ने कहा कि विभिन्नो क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना होगा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की भी हिमायत की

ये सभी नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से तय किए गए हैं

बताया जाता है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के कई जिला अध्यक्षों से फोन पर बात की और उनसे संगठन को मजबूत करने के लिये सुझाव मांगे उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है अन्य राजनैतिक दल भी अपने उम्मीद्वारों के चयन में जुटे हैं जबकि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने कई स्थानों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये हैं

हमारे संवाददाता ने संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन के हवाले से खबर दी है कि इस दौरान केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्रदेश के प्रभारी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित पांच केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे

अनेक जिलों में निर्वाचन समीक्षा बैठकों का दौर जारी है खंडवा जिले में सीमावर्ती जिलों हरदा बैतूल और खंडवा के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई बैठक में निर्वाचन कार्यो की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री गड़पाले ने कहा कि तीनों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि अपराधियों और शरारती तत्वों पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जाये उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रकिया के दौरान अवैध शराब वाहन ओर नगदी लाये जाने पर सख्ती से रोक लगाई जाये बैठक में तीनों जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक परिवहन और आबकारी अधिकारी शामिल हुए अध्यापक आदेश प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की नवीन शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि नवीन संवर्ग में फिलहाल कोई भी नियुक्ति आदेश जारी न किया जाये

अशोकनगर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र गोयल ने कल ये जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जारी निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण सत्र के दौरान दी

प्रशिक्षण में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान उनके कर्तव्य और कार्यो की विस्तार से जानकारी दी गई वहीं बैंकों में प्रत्याशियों के लिये हेल्पडेस्क खोलने और अभ्यर्थियों के खातों के लेन देन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए

शाजाप्र कलेक्टर ने जिले में स्वतंत्र ओर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिये उड़नदस्ता तैयार किया है जिसे क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिये गये हैं

खंडवा जिले में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों को उपयोग में लाने वाले वाहनों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिये हैं खरगोन जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिव्यांगो ने जागो उठो करो मतदान नामक नाटक के माध्यम से मतदान करने की अपील की